रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे वरना उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता डयूटी के दौरान शहीद एक सौ बाइस सैनिकों के परिवार के लिए सूरत में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि यदि उसने नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कराई तो भारतीय सेना तैयार है और वह घुसपैठियों को वापस नहीं जाने देगी बाइट पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है यह आतंकवाद को बढ़ावा देना वह रोके नहीं तो इस हकीकत को कोई टाल नहीं सकता है कि पाकिस्तान के और अधिक टुकड़े होकर रहेंगे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में आजादी के बाद अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है जबकि पाकिस्तान में सिखों बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन जारी है रक्षामंत्री ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित थे हैं और रहेंगे उन्होंने कहा कि भारत लोगों को जाति या धर्म के आधार पर नहीं बांटता

मुख्यमत्री ने आईआईएम के साथ आयोजित किये गये इस कार्यकम को सार्थक बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश के विकास और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम वर्क को आगे बढ़ान की प्रणाली पर प्रकाश डाला गया उन्होंने संवाददाताओं को सबोधित करते हुए कहा कि मंथन के इस दूसरे चरण में प्रदेश के विकास के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिये कौन से कार्यकम हमें आगे बढ़ाने ह इस पर आज विचार विमर्श किया गया कार्यक्रम के दौरान कार्यशाला में कई सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के विकास से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को बेहतर विजन एवं कार्यशैली विकसित करने और निर्णयों को कुशल प्रबंधन के माध्यम से जमीन पर उतारने का पाठ भी पढ़ाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़ जनपद के इगलास में एक हजार एक सौ पैंतीस करोड़ से अधिक की लागत की तीन सौ पचपन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया मख्यमंत्री ने कार्यकम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से ज़िले के उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ के ब्लॉक लोधा में महाराजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की भी घोषणा की उधर फिरोजाबाद के टुंडला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल तीन सा इक्यान्नबे करोड़ रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है प्रदेश सरकार ने नए उद्यमियों से अनुरोध किया है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करने और इसके विकल्प तलाशने के लिए स्टार्ट अप शुरू करने को आगे आएं हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य के उप मूख्यमंत्रो डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल उत्तर प्रदेश सम्मेलन में घोषणा की कि सरकार नए स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड रुपये की निधि बना रही है बाइट राजधानी लखनऊ में आयोजित अपनी तरह के इस पहले आयोजन में सैंकड़ों की संख्यो में युवा पेशेवरों छात्रों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया जो प्रदेश के साथ ही देश के अन्यउ इलाकों से आये थे उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक इको सिस्टम तैयार करने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही कृषि चिकित्सा स्वास्थ्य ऊर्जा खादी पर्यटन और परिवहन सहित तमाम क्षेत्रों में स्वतंत्र और समग्र स्टार्टअप नीति लेकर आएगी उन्होंने इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ छात्र स्टार्टअप और सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी को पुरस्कार देने के साथ ही एक स्टार्ट अप बस को रवाना किया सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

प्रदेश भर में आज पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत की गयी लखनऊ कानपुर मैनपुरी जौनपुर वाराणसी प्रतापगढ़ और अयोध्या सहित विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी गयी

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर अमिता सिंह ने बताया कि ज़िले में चार लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसके लिये एक हजार चार सौ अड़सठ बूथ बनाय गये हैं वहीं आठ सौ उन्सठ टीमें बनायी गयी हैं जो सोलह से बीस सितम्बर तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलायेंगे इस दौरान जिन बच्चों को दवा की खुराक नहीं मिल पायेगी उन्हें तेइस सितम्बर को दवा पिलाई जायेगी अमरोहा ज़िले में भी पल्स पोलियो अभियान की आज से श्रूआत की गयी इस अभियान के तहत तीन लाख पच्चीस हजार दो सौ पैसठ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है पल्स पोलियो दो इसके लिये सात सौ चौदह टीमों को लगाया गया है जो कल से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलायेंगी ज़िले में एक सौ बीस मोबाइल टीमों को भी इस अभियान में लगाया गया है मऊ ज़िले में चार लाख तैंतालीस हजार बच्चों को पोलियो ख्राक पिलाने के लिये एक हजार से अधिक बूथ बनाये गये साथ ही चौसठ मोबाइल टीमे और पतालीस ट्रांजिट टीमें भी बनायी गयी हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले एक सौ दिन में अहम फैसले लिए हैं बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि केन्द्र के फैसलों से जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ा है

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश को जिस गति से आगे बढ़ा रहे हैं आने वाले समय में हिन्दुस्तान पूरी दुनिया में प्रमुख स्थान के रूप में उभरेगा और हिन्दुस्तान विकसित देश बनेगा शामली में आज यमुना नदी में छह यूवक उस समय डूब गये जब वे एक धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे थे मौके पर पहुंचे पीएसी के गोताखोरों ने तीन युवकों के शवों को नदी से बाहर निकाल लिया बाकी डूबे तीन युवकों की तलाश की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वाले युवकों के परिजनों को दो दो लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है कन्नौज जिले में तैनात तीस सहायक अध्यापकों को फर्जी दस्तावजों के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में बर्खास्तगी के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया शासन ने इन शिक्षकों का वेतन रोकने और मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं

समाप्त